इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया

औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे

मंत्रिमण्डल ने नागरिक कार्यस्थलों बागवानी कृषि व अन्य परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रहेंगे

सर्वदलीय बैठक प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकमण की स्थिति को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने संकेट के इस दौर से निकलने के लिए ॅसार्थक चर्चा की उन्होंने कहा कि इस महामारी पर काब पाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है

इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड मामलों और कोविड की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी पर चिंता जताई

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर हिमाचल के सभी जिलों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पीपीई किट व मैडिकल उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि कोरोना योद्वाओं व कोरोना मरीजों को मैडिकल उपकरणों की कमी न हो उन्होंने कहा है कि ये सामग्री आगामी दो सप्ताह में सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचा दी जाएगी अनुराग ठाकर ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश और प्रदेश से बाहर रह रहे हिमाचल के लोगों को तत्काल हर संभव सहायता पह चाई जा सके अनुराग ठाकर ने कहा कि कोरोना इस कठिन दौर में केंद्र व राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इससे बचाव के सभी उपाय कर रही है उन्होंने संकट के इस समय सामूहिक जिम्मेदारी से आमजन को सहयोग करने का आहवान किया है अनुराग ठाकूर ने कहा कि हमीरपूर बिलासपर और ऊना में पीएफए ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगाए जाएंगे और प्रदेश में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं से कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी पिछले साल की तरह लोगों की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया है वे आज सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी को पदाधिकारियों की वचुर्अल बैठक को संबोधित कर रहे थे राठौर ने पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को तब तक स्थगित रखने को कहा है जब तक प्रदेश में कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गांधी हैल्पलाईन कोविड सहायता केंद्र की स्थापना की गई है

सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि परीक्षा की अगली तिथि बाद में सूचित कर दी जाएगी